गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि गरीबों को अपने भविष्य की चिंता कम होगी तो गरीबी के कुचक्र से निकलना आसान हो जायेगा श्री मोदी आज रांची में देश भर के लिए किसान मानधन योजना और खुदरा व्यापारी द्रकानदार स्वरोजगार पेंशन योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिये प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि किसानों मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिये पेंशन योजना की शुरूआत की गयी है साउंड बाईट गरीब की गरिमा और उसकी मर्यादा उसकी सेहत उसका इलाज उसकी दवाई उसकी बीमा सुरक्षा उसकी पेंशन उसके बच्चों की पढाई उसकी कमाई ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने काम न किया हो

सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं वहीं उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सम्मानजनक जिंदगी मिली है अपने दूसरे कार्यकाल के सौ दिनों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवधि में कई ऐसे फैसले किये गये जो पिछले सत्तर सालों से लंबित थे उन्होंने कहा कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और नये भारत के लिये हम सब को मिलकर काम करना होगा श्री मोदी ने चार सौ बासठ एकलव्य विद्यालयों और साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने आज जिन दो पेंशन योजनाओं की शुरूआत की उसके तहत लाभुकों को एक निश्चित प्रीमियम राशि देनी होगी और उतनी ही राशि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से भी देगी अठारह से चालीस वर्ष की आयु वर्ग के किसान और व्यापारी योजना का लाभ ले सकते हैं साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थियों को तीन हजार रूपये प्रति माह मासिक पेंशन मिलेगी किसान मानधन योजना के तहत देश के पांच करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा अगले तीन वर्षो के लिये इस योजना के तहत दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में कई सुधार किए हैं देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट साउंड बाईट एनडीए सरकार देश की चिकित्सा शिक्षा को बदलने और चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम लाई है

स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होगा और जिला अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग होगा

इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह की आठ लड़कियों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टीआईएसएस की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट पर राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद यह फैसला सुनाया टीआईएसएस की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके माता पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं राज्य सरकार बेहतर काम करने वाले पंचायतों पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देगी पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हर प्रखंड में बेहतर काम करने वाले शीर्ष दस प्रतिशत पंचायतों को साढ़े सात लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दी जायेगी वहीं जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पंद्रह प्रतिशत पंचायत समितियों को साढ़े बाईस लाख और टॉप बीस प्रतिशत जिला परिषदों को एक करोड़ बारह लाख रूपये की राशि दी जायेगी यह राशि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करनी होगी चयन के लिये जो प्रमुख मापदंड तय किये गये हैं उनमें मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना स्कूलों में लड़के लड़कियों का नामांकन नियमित टीकाकरण और पंचायत स्थायी समिति की नियमित बैठक का आयोजन समेत कई बिन्दु शामिल हैं गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं समारोह को कृषि मंत्री प्रेम कुमार शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा कला और संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और भूमि सुधार तथा राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने भी संबोधित किया अठाईस सितम्बर तक चलने वाले मेले में देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिये गया धाम आने का सिलसिला शुरू हो गया है पटना के पुनपुन में भी पितृपक्ष मेले की शुरूआत हो गयी है भोजपूर जिले के बड़हरा के विधायक सरोज यादव से अपराधियों ने एसएमएस के माध्यम से दस लाख रूपये रंगदारी की मांग की है रकम नहीं देने पर पूरे परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी दी गयी है गौरतलब है कि विधायक के घर पर दो दिन पहले अपराधियों ने गोलीबारी भी की थी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है औरंगाबाद बिहटा रेल लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र श्रू होगा पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एलसी चतुर्वेदी ने दीनदयाल उपाध्याय नगर में आयोजित मंडल संसदीय रेल समिति की बैठक में सांसदों को इसकी जानकारी दी श्री चतुर्वेदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में इस रेल लाईन के लिये पच्चीस करोड़ रूपये का प्रावधान किया है बैठक में सांसद सुशील कुमार सिंह छेदी पासवान सहित कई अन्य सांसद उपस्थित थे नीति आयोग के संयुक्त सलाहकार डॉक्टर अशोक ए सोन कुसरे ने आज बेगूसराय में जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की उन्होंने जिला प्रशासन से इस अभियान में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने को कहा श्री सोन कुसरे ने अभियान के तहत चयनित सभी कार्यो को पंद्रह सितम्बर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के ऊपर बने चक्रवाती दबाव का असर प्रदेश में देखा जा रहा है सबसे अधिक चार चार सेंटीमीटर बारिश नवादा के हिसुआ नालंदा के एकंगरसराय और पटना के श्रीपालपुर में दर्ज की गयी वहीं महुआ गोपालगंज बरबीघा मनिहारी मशरख बिहपुर कहलगांव और पूसा में दो से तीन सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता तुलसीदास मेहता का आज पटना में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे तिरानवे वर्ष के थे उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव प्रर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जतायी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकुलिया चौक के पास देर रात एक बैंक के एटीएम को अपराधी उखाड़ कर अपने साथ ले गये पूलिस ने बताया कि एटीएम में लगभग अठाईस लाख रूपये थे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है

गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू